मनोहर पर्रिकर का लंबी बीमारी के बाद कल पणजी में निधन हो गया था केन्द्र ने पर्रिकर के सम्मान में आज राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है नई दिल्ली तथा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की राजधानियों में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ सहित कई अन्य नेताओं ने पर्रिकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पर्रिकर के निधन पर गहरा दुःख जताया है इधर राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल सहित अन्य नेताओं ने मनोहर पर्रिकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है महोत्सव रद्द इस बीच गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर राष्ट्रीय शोक के चलते कांगड़ा जिले के पालमपुर में आज से शुरू होने वाले चार दिवसीय राज्य स्तरीय होली महोत्सव के आज के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है

अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी

इसके अलावा चार राज्यों के विधानसभा चुनावों की अधिसूचना भी आज ही जारी कर दी जाएगी

मौसम साफ रहने पर अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई जिससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है उधर जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में बीती रात हल्का ताजा हिमपात हुआ है घाटी में बर्फबारी के कारण अभी भी सामान्य जनजीवन प्रभावित है और अनेक स्थानों पर सम्पर्क मार्ग अवरुद्ध होने से स्कूली बच्चों सहित स्थानीय लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस बीच मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के निचले इलाकों में गरज के साथ वर्षा और मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा व हिमपात की सम्भावना जताई है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 प्रदेश कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन को लेकर अमर उजाला की सुर्खी है कांग्रेस तय नहीं कर पाई अभी पैनल रामलाल ठाकुर को दिल्ली बुलाया दैनिक जागरण का शीर्षक है कांग्रेस ने तय किये आठ नाम मोहर बाकी पंजाब केसरी लिखता है केन्द्रीय चुनाव समिति ही तय करेगी कांग्रेस के उम्मीदवार दैनिक भास्कर के अनुसार कांग्रेस दिग्गजों पर खेलेगी दाव सुधीर शांडिल का नाम लगभग तय मंडी और हमीरपुर में बनाया पैनल जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने उम्मीदवारों का बनाया पैनल दिग्गजों ने दिल्ली में डाला डेरा गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है नहीं रहे मनोहर पर्रिकर राजनीति में सादगी की मिसाल थे पर्रिकर अमर उजाला लिखता है पहले आईआईटियन सीएम परिकर नहीं रहे दैनिक भास्कर के शब्द हैं गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का निधन कैंसर से थे पीड़ित मौसम से जुड़ी खबर पर आपका फैसला का शीर्षक है कल से बिगड़ेगा मौसम का मिज़ाज लाहौल घाटी में थमा जनजीवन ग्लेशियरों का गिरना शुरू हिमाचल दस्तक के शब्द हैं कल और परसो फिर बारिश के आसार

अमर उजाला ने खबर दी है शिमला से चंडीगढ़ के लिये अब सप्ताह में छह दिन उड़ेगा चॉपर

आपका फैसला की एक खबर है बिलासपुर के दी तलाई ग्राम सहकारी सभा में पौने तेतीस करोड़ का घोटाला